सर्वोच्च न्यायालय ने आज वरिष्ठ बीजेपी नेता एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह दवारा चूनाव आचार संहिता का कथित उल्लंघन करने के आरोप वाली याचिका पर पर निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है कांग्रेस नेता स्शमिता देवी ने याचिका दाखिल की है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेताओं पर नफरत फैलाने वाले भाषण करने और राजनीतिक प्रचार के लिये सशस्त्र बलों का प्रयोग करने का आरोप लगाया है म्ख्य न्यायधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ जिसमें न्यायधीश एस के कौल और के एम जोसेफ है ने कहा है कि च्नाव पैनल इस शिकायत पर आदेश जारी करने के लिये स्वतंत्र है पीठ द्वारा मामले की स्नवाई अब ग्रूवार को की जायेगी

म्ख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि इन दोषियों के खिलाफ सीधे तौर पर कोई भी सब्त नही था और गवाहों ने भी उनकी पहचान नहीं की थी

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर भारत के संसाधनों पर ऋण लेने का आरोप लगाते हये कहा कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से न्कसान पहंचा है गृह मंत्रालय ने राज्य सभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता स्ब्रमण्यम स्वामी की कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी को नागरिकता बारे शिकायत पर श्री गांधी को नोटिस जारी कर नागरिकता की स्थिति को स्पष्ट करने कहा है

हरियाणा प्लिस के महानिदेशक मनोज यादव ने कहा कि राज्य प्लिस च्नाव से पहले पैसेए शराब और ड्रग्स के अवैध प्रवाह पर अंक्ष लगाने के लिए सख्त कदम उठा रही है

कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को सिरसा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार स्नीता दुग्गल पर आदर्श आचार सहिंत का उल्लंघन करने तथा उनके पति आईपीएस अधिकारी राजेश द्रग्गल द्वारा पद एवं सरकारी मशीनरी का द्रूपयोग करने की शिकायत की है चंडीगढ़ स्थित हरियाणा के म्ख्य च्नाव अधिकारी के कार्यालय में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के सचिव राजेश कोनाए मीडिया कोऑर्डीनेटर राकेश सोंधीए निशांत प्रभाकरए आदि नेताओं दवारा यह शिकायत दर्ज करवाई गई च्नाव आयोग को दिए गए शिकायत पत्र में आईपीएस राजेश द्रग्गल को त्रंत प्रभाव से निलंबित करने और सिरसा से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती स्नीता द्ग्गल का नामांकन रद्द करने की मांग की गई है प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि श्री दुग्गल लगातार अपने पद का दुरूपयोग करके च्नाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं और अपनी पत्नी एवं सिरसा से भाजपा उम्मीदवार सुनीता द्ग्गल के लिए च्नाव प्रचार कर रहे हैं उन्होंने कहा कि राजेश द्ग्गल अपने पद का द्रुपयोग करके मतदाताओं को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं उन्होंने बताया कि श्रीमती स्नीता द्ग्गल अपने पति के सरकारी आवास में रह रही हैं और उनकी च्नाव अभियान से संबंधित गाडिय़ां जिन पर पार्टी के झंडे व स्टीकर लगे होते हैं उनके घर के बाहर खड़ी रहती हैं और श्रीमती द्ग्गल देर सवेर लोगों से सरकारी आवास में बनाए गए एक कमरे में मिलती हैं इसके अतिरिक्त श्रीमती द्ग्गल स्रक्षाकर्मियों की सेवाओं का भी द्रुपयोग कर रही हैं

राज्य सरकार के विभिन्न निगमए बोर्ड व प्रसंघों के अध्यक्ष भी च्नावी सभाओं के लिए ख्लेआम सरकारी गाड़ी व कर्मचारियों का इस्तेमाल कर रहे हैं

प्लिस ने गाड़ी के चालक कशांक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है

प्लिस ने मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है यम्नानगर के खिजराबाद इलाके में आज ट्रांसफार्मर पर काम करते समय करंट लगने से लाइन मैन की मौत हो गई